भारत और पाकिस्तान ने करतारपरु गलियारे के रास्ते पाकिस्तान में बने गुरूद्वारा करतार पुर साहिब के लिये श्रद्वालुओं को सातों दिन वीज़ा मुक्त प्रवेश के लिये अनुमति दे दी है ये फैसला भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के बीच अटारी बाधा सीमा पर हई बैठक में लिया गया दोनों देशों ने रोज़ाना पांच हजार श्रद्वालुओं के माथा टेकने पर सहमति व्यक्त की है पाकिस्तान ने श्रद्वालुओं द्वारा अकेले या समूह में पैदल गुरूद्वारा करतापुर साहिब में माथा टेकने की अनुमति दी है रावी दरिया पर अपने क्षेत्र में प्ल बनाने पर पाकिस्तान सहमत हो गया है इस बैठक मे गलियारे के निर्माण की भी समीक्षा की गई भारत ने खालिस्तान आतंकीयों के विरूद्व फाइल भी पाकिस्तान को सोंपी पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने भरोसा दिलाया कि भारत विरोधी किसी भी गतिविधियों की इजाज़त नहीं दी जायेगी दोनो देशों ने करतारप्र गलियारे सम्बधी वार्तालाप को जारी रखने में सहमति जताई और कहा कि दोनों की तकनीकी टीमें आपस में तालमेल रखेगी ताकि गलियारे का सही वक्त पर मुक्म्मल हो सके और श्रद्वालू नवम्बर में दर्शन कर सके

मुख्यमंत्री ने पिछले करीब पौने पांच साल में किए गए विकास कार्यों व जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी देते हूए कहा कि वर्तमान सरकार ने घोषणा पत्र में लिखित वायदों को तो पूरा किया ही है इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र से भी बढकऱ सरकार ने जनता के हित में काम किए हैं

स्वच्छता में हरियाणा नंबर वन रहा सरकार ने ऑनलाईन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की पारदर्शी आधार पर य्वाओं को रोजगार दिया गया

किसानों के लिए पानी का प्रबंध करने की सरकार को पूरी चिंता है एसवाईएल के मामले में हरियाणा सरकार ने फैसला सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ दिया है सांसद धर्मबीर सिंह को जल संबंधी मामलों में विशेषज्ञ बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लखवार रेणूका डैम का कार्य चल रहा है किशाऊ डैम के लिए प्रयास जारी हैं

इसके लिए समझौते किए जा रहे हैं

आमजन के जीवन में ख्शी व समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए ही हरियाणा में ढ़ाई साल पहले राहगिरी कार्यक्रम शुरू किए गए थे जिन्हें जनता ने काफी पसंद किया है इस राहगिरी का सामाजिक संदेश जल स्रक्षा अभियान से जूड़ा है मुख्यमंत्री आज हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के परिसर में राज्य स्तरीय राहगिरी प्रथम पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत कर रहे थे कार्यक्रम में वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सांसद श्री बृजेंद्र सिंह विधायक व हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष डॉ कमल गुप्ता व मेयर श्री गौतम सरदाना भी मौजूद रहे हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन् अभिमन्यू ने कहा है कि वर्तमान सरकार द्वारा राज्य में पूरी पारदर्शिता के साथ युवाओं को नौकरियां दी जा रही है वितमंत्री सिरसा जिले के नाथूसरी चौपटा में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबका साथ सबका विकास की भावना से बिना भेदभाव के हर हलके का विकास किया है और आगे भी तेज़ गति से विकास कार्य जारी रहेंगे

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गूर्जर ने होडल मे पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा पार्टी के मंडलों की बैठ चलरही है प्रत्येक विधानसभा में मंडल के अधिकारी मोर्चा के अध्यक्ष केन्द्र प्रमुख बूथ प्रमुख पन्ना प्रमुख सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं के बैठक में बुलाया गया है भाजपा पार्टी का सदस्यता अभियान चला हुआ है अभीयान के तहत पार्टी से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा रहा है उधर यमुनानगर में सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने विधानसभा क्षेत्र के पन्ना प्रमुखों की बैठक को सम्बोधित किया और कहा कि कार्यकर्ता ही भाजपा ही असली ताकत है उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुखों शक्ति केन्द्र प्रमुखों व कार्यकर्ताओं को विधानसभा च्नावों में ओर मेहनत से काम करना होगा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हड्डा ने कहा कि सतलुज यमुना सम्पर्क नहर को लेकर पंजाब के साथ बातचीत का कोई औचित्य नहीं बनता है चूंकि इस पर सर्वोच्च न्यायालय अपना फैंसला सुना चुका है अब तो सरकार को यह फैंसला लागू करना है उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है जनता से जनसंपर्क अभियान जारी है उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इसी सप्ताह में राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैंसला हो जाएगा श्री हड्डा सोनीपत के राठधना गांव में दादा भैया मेले में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे इस मौके पर उन्होंने दादा भैया की समाधि पर माथा टेका और इसके बाद पौधारोपण भी किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच है पहले किसान पंचायत फिर व्यापारी सम्मेलन और इसके बाद जनता के बीच जाकर उनके हितों की आवाज समय समय पर कांग्रेस उठाती रही है उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग हैं और इसका नतीजा भी लोकसभा चुनाव से अलग होगा हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष जगदीश चोपड़ा ने कहा है कि श्री ग्रूर नानक देवी जी ने राष्ट व समाज को दिया है उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते

अध्यक्ष ने कहा कि कार्यक्रम में पूरे हरियाणा से संगत आयेगी और श्री गुरू नानक देव जी के रास्ते पर चलने का संकल्प दोहरायेंगे

आज सुबह से पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश हो रही है हरियाणा में कई जगह हल्की और कई जगह दरमियानी बारिश हई

पहाड़ी व मैदानी इलाकों में हो रही बरसात से हरियाणा में यमुना सोम पथराला आदि नदियों मे पानी बढ़ने लगा है

ये उपग्रह कल सुबह दो बजकर इक्यावन मिनट पर श्री हरि कोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से छोड़ा जायेगा